युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह

रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी मध्य रेलवे के दो स्टेशनों जबलपुर और भोपाल को ईको स्टेशन बनाने के आदेश दिए है एनजीटी के निर्देश पर बनाये जाने वाले स्टेशनों पर यात्री सुबिधा बढ़ाने और वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल करने के लिये स्टेशन का स्वरूप बेहतर करने के आदेश रेलवे बोर्ड ने दिए हैं

जिसमें पश्चिमी मध्य रेलवे के दो स्टेशन शामिल है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आनंद कुमार ने बताया कि जबलपुर और भोपाल स्टेशन को जल्द ही ईको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा

क्षेत्रीय भविष्यनिधि संगठन के आयुक्त एसकेसुमन ने कहा है कि बकाया राशि जमा नहीं करने वाले संस्थानों के विरूध कड़ी कार्यवाही की जाएगी

टर्रांट ने दो मस्जिदों पर गोलीबारी की स्वयं रिकॉर्डिंग भी की थी उसने जमानत की अपील नहीं की लेकिन न्यायालय ने उसे पांच अप्रैल तक हिरासत में रखने का आदेश दिया संदिग्ध आरोपी ने कट्टरवाद से अपने संबंध और हमले के षडयंत्र के दो वर्ष की तैयारी के दस्तावेज़ पेश किये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंदा अर्देन ने इन हत्याओं को आतंकी हमला बताया और देश में बंदूक के कानून को बदलने का संकल्प व्यक्त किया इस हमले से न्यूजीलैंड में देशवासी स्तब्ध हो गये जो कि सुरक्षित और सद्भाव की जीवनशैली पर गर्व करते हैं पुलिस ने देशभर में मुस्लिम समुदाय को आगाह किया है कि वे क्राइस्टचर्च हमलों के मद्देनजर मस्जिद में न जायें निर्वाचन आयोग बैठक निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में चुनाव खुफिया जानकारी पर बहु विभागीय समिति की बैठक आयोजित की इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में विशेष रूप से मतदाताओं को नकदी का लालच देने समेत धन बल के दुरूपयोग के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने को वचनबद्ध है आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने यह भी कहा कि व्यय निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई है और पिछले चुनावों में प्रवर्तन दलों ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है बैठक में निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्रन भी उपस्थित थे दमोह हत्या दमोह जिले के हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की कल ईलाज के दौरान मौत हो गयी श्री चौरसिया और उनके बेटे पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था

कलेक्टर अपील शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी ने सूखी होली खेलने की अपील आम जनता से सद्भावना समिति की बैठक के माध्यम से की है पानी बचाने तथा पानी का अपव्यय रोकने के उद्देश्य से उनके द्वारा यह अपील की गयी है कलेक्टर ने कल सद्भावना समिति की बैठक में कहा कि शिवपुरी जल अभावग्रस्त रहा है सिंधू नदी जल योजना से शहर में नदी का पानी पहुंचने लगा है लेकिन अभी यह सभी जगह नहीं पहुंच पाया है अभी कार्य चल रहा है इसलिए पिछले कई सालो से शिवपुरी में सूखी होली खेलने के प्रति लोगों का रुझान बड़ा है विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा पानी बचाने के उद्देश्य से सूखी होली खेले जाने की अपील की जाती रही है

चुनाव तैयारी आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है शिवपुरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के मद्देनजर जिले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं वहीं देवास जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्टर श्रीकांत पांडे ने लोकसभा चुनाव के दौरान पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग किये जाने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक की प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं किया जाए

इसके लिये जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी बैतूल जिले में आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पुलिस व्यवस्था आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने पडोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की इस बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिये मध्यप्रदेश की सीमा से लगे विभिन्न राज्यों के जिलों में पुलिसिंग की विशेष रणनीति बनायी गयी बैठक में यह तय किया गया कि सीमावर्ती राज्यों में पडोसी राज्यों के साथ संयुक्त निगरानी लगातार की जाएगी सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाएंगे

वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वारिश की भी संभावना है